राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा सरकार न्याय के साथ विकास के लिए है प्रतिबद्ध वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश

राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृतसंकल्प है श्री टंडन आज बजट सत्र के पहले दिन सेन्ट्रल हॉल में विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे विधानमंडल के इतिहास में यह पहला मौका था जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सदन से बाहर नवनिर्मित सेन्ट्रल हॉल में हुई

बीस फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल सात बैठकें आयोजित होंगी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में सभी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की इसके बाद विधानसभा और लोकसभा के दिवंगत सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए स्थगित कर दी गयी संयुक्त बैठक के बाद दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई तब सदन में वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी कल वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का राज्य का बजट पेश किया जायेगा विधानपरिषद की बैठक की शुरूआत कार्यकारी सभापति हारूण रशीद के संबोधन से हुई वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए आज पेश किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में आर्थिक प्रगति की रफ्तार लगातार बढ़ रही है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कुशल नेतृत्व और नीतियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है

उन्होंने कहा किबिजली की उपलब्धता दो हजार ग्यारह बारह में सत्रह सौ मेगावाट थी जो दो हजार सत्रह अठारह में बढ़कर साढ़े चार हजार मेगावाट हो गयी श्री मोदी ने कहा कि पिछले सात वर्षो के दौरान बिजली की उपलब्धता में एक सौ पैंसठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हई है उपमूख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों और बच्चियों के नामांकन में लैंगिक असमानता भी तेजी से दूर हुई है लड़कों की तुलना में लड़कियों का स्कूलों में दाखिले का औसत बढ़ा है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पश्चिम चम्पारण के बगहा में तीन हजार चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये से अधिक लागत की ग्यारह सड़क और नदी विकास परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास किया बाद में आयोजित समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के पूरा हो जाने बाद पूर्व पश्चिम गलियारा नेपाल में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ जाएगा इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अयोध्या और नेपाल में जनकपुर के बीच भी सड़क सम्पर्क आसान हो जाएगा श्री गडकरी ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गंडक नदी से गाद निकालने के लिए तेरह करोड़ रूपये की परियोजना की शुरूआत की इसके अन्तर्गत हाजीपुर से त्रिवेणीघाट तक की तीन सौ किलोमीटर लम्बाई में नदी को परिवहन योग्य बनाया जाएगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रिवर पोर्ट बनाकर अगले छह माह में जलमार्ग को चालू कर दिया जायेगा जिससे एक हजार टन क्षमता की जहाजों की आवाजाही हो सकेगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि बिहार में भी इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा

केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किये जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी

सामाजिक न्याय देगी और इसलिए उच्चतम न्यायालय में जो इलाहाबाद में निर्णय दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अफेंड किया वो हमें मंजूर नहीं है

जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि एनडीए में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री किशोर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के एक बड़े चेहरे हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए जो भूमिका तय होगी वे उसका निर्वहन करेंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गयी कैमूर में तीन जमुई पूर्णियां और औरंगाबाद में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है इन हादसों में सत्ताईस लोग घायल हो गये पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के आर्यकुमार रोड में अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक व्यवसायी के कर्मचारी से हथियार के बल पर दस लाख रूपये लूट लिये वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने कहा कि चार की संख्या में मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया

खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने ट्रक चालकों से वसूली करने के आरोपी सिपाही दिलीप कुमार को निलंबित कर दिया है वहीं गया जिले के उत्पाद विभाग में कार्यरत सिपाही राजकुमार प्रसाद को जब्त किये गये वाहनों के कलपुर्जे चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में आज भोजपुर जिले के अलग अगल परीक्षा कोन्द्रों से नौ अरवल से छह और मुजफ्फरपुर से तीन परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया

राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा सरकार न्याय के साथ विकास के लिए है प्रतिबद्ध वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश